प्रषानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्र्घाटन किया प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई मौसम विभाग ने पूर्वी और जत्तीर जिलों में कहीं कईं ओलावृष्टि की चेतावनी दी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

मास्क पहने दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जयपुर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने कोविड टीका लगवाये के बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की नेहरा ने बनीपार्क सेटेलाइट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की डोज ली

टोक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने टीका लगवाने के बाद मीडिया से बात की

करौली हिंडौन और टोडामीम के उपखंड अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारियों को भी आज टीके लगाए गए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में टीकाकरण करवाया ब्रंदी जिला कलेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि जिले में टीकाकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा हनमानगढ जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने के बाद जिले भर के राजस्व कर्मचारियों को अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा दौसा जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आज टीका लगवाया उदयपुर में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टरों ने भी वैक्सीन की डोज ली सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी कोविड टीका लगवाया उन्होंने टीकाकरण केन्द्र में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की

सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और झंझनू के कलेक्टर यूडी खान ने अन्य जिलाधिकारियों के साथ वैक्सीन लगवाया श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार सहित कही प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों ने टीका लगवाया प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित विभिन्न अधिकारियों ने टीका लगवाया और आमजन से वैक्सीन के बारे में भ्रांतियों से बचने की सलाह दी

जयपुर में इसी सिलसिले में आयोजित गोष्ठि में चिकित्सा मंत्री डॉ रषु शर्मा ने कहा कि कैंसर की जल्दी पहचान ही कैंसर पर नियंत्रण का काम करती है इसलिए चकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पतालों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन शिविर लगाए जा रहे हैं उन्होंने आमजन से किसी भी लक्षण मिलने पर तुरंत शिविरों का लाभ लेने की अपील की

इस मौके पर करौली जिला अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर से बचाव का संदेश दिया गया

नागौर जिले की कुचेरा नगर पालिका झुंझन्र जिले की मुकूंदगढ़ नगर पालिका तााा बांसवाड़ा जिले की कूशलगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं

इस्मुनू को चिड़ावा नगर पालिका में सवसे ज्यादा छह प्रत्याशियों के बीच मुकावला है

उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी बल्कि यह व्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदो को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो लेकिन उनका वलिदान अमर रहेगा

उन्होंने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी के दौर में पुलिस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है राज्यपाल आज राजभवन से जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी की पेशकश की है

जवान लक्ष्मण जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे और सीमा पार से हुई गोलीवारी में शहीद हो गये थे

राज्य के नागरिक अव विभाग को शुल्क देकर आमेर अत्वर्ट हॉल जंतर मंतर हवामहल जैसे पुरातात्विक स्मारकों पर प्री और पोस्ट वेडिंग श्रृट कर सकते हैं

विभाग के निदेशक प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि इससे आम जनता को सुविधा होगी वही विभाग को राजस्व मिलेगा

भरतपुर में कल रात और आज सुबह हल्की से तेज बारिश हुई जिससे निचले इलाको में पानी भर गया

मैसम विभाग ने आज अलवर भरतपुर झुंझुनू सीकर चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं और प्रे की चेतावनी जारी की है